यह महत्वाकांक्षी खंड राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत का माध्यम बनेगा और किसान रेलगाड़ियों की मदद करेगा उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को इक्कीसवीं सदी की नई उंचाई देने वाला है उन्होंने कहा कि आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है तब बेहतरीन कनेक्टीविटी देश की प्राथमिकता है

इस मालवाहक गलियारे के खुलने से मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड़ भाड़ कम होगी और रेलवे ज्यादा तेजी से रेलगाड़ियां चला सकेगा केन्द्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है सरकार और किसानों के बीच यह छठें दौर की बातचीत होगी

बैठक में किसान कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा वायु गुणवत्ता और बिजली से जुडे कानूनों पर भी चर्चा होगी

इनमें विधानसभा वाले तीन राज्य दिल्ली जम्मू कश्मीर और पुद्दचेरी शामिल हैं ये सभी राज्य वस्तु और सेवा कर परिषद के सदस्य हैं शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम नगालैंड और सिक्किम में जीएसटी पर अमल के कारण राजस्व में कोई कमी नहीं आई है

इस अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है समारोह में अन्य गणमान्य लोगों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी हिस्सा ले रहे हैं अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की उन्नीस जनकल्याणकारी योजनाओं का उदघाटन करेंगे साथ ही ग्यारह नई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे उधर राज्य के अन्य जिलों में भी सरकार की पहली वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के हर जिले में मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की है जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबद्ध होंगे उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों को निजी स्कूलों से भी बेहतर बनाया जाएगा अपनी सरकार के एक साल पूरा होने पर रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगले वर्ष मार्च से पहले जमशेदपुर में आदिवासी विश्वविद्यालय शुरू करने की भी घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में साइकिल उद्योग लगाने की भी पहल की जा रही है इसके लिए देश में साइकिल बनाने वाले प्रमुख उद्योपतियों से संपर्क किया गया है उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां आदिवासी छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी सरकार ने इस योजना को अंतिम रूप दे दिया है उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य को पर्यटन और खेल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए नई नीतियां तय की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि बीस वर्षो में ट्राइबल एडवायजरी काउंसिल को लेकर कोई नियमावली नहीं बनी थी लेकिन उनकी सरकार इसके लिए नियमावली तैयार कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव कराने को लेकर भी गंभीर है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इनमें से तीन लोगों को बेंगलुरु के निमहंस में दो को हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्युकलर बायोलॉजी सीसीएमबी और एक व्यक्ति को पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान एनआईवी में भर्ती कराया गया है इन सभी को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य केन्द्रों के अलग कमरों में रखा गया है इन यात्रियों के निकट संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है उनके साथ आए यात्रियों संपर्क में आए परिजनों और अन्य लोगों का पता लगाने के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की गई है

इन सभी यात्रियों की निगरानी की जा रही है राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में इनकी आरटी पीसीआर जांच की जा रही है

सरकार ने ब्रिटेन में वायरस का रूप बदलने की खबरों का संज्ञान लिया है

राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार घट रहे हैं अब केवल एक हजार पांच सौ बैरासी संक्रमित ही इलाजरत हैं इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर करीब अंठानबे प्रतिशत तक पहुंच गई है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है अब तक राज्य में एक लाख ग्यारह हजार आठ सौ अठारह संक्रमितों ने इस महामारी पर विजय प्राप्त की है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ बावन नए मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या एक लाख चौदह हजार चार सौ बीस हो गई है इस वैश्विक महामारी के कारण अब तक एक हजार बीस लोगों की मौत हो गई है

इस सिलसिले में कंटेनमेंट क्षेत्रों का सावधानी से सीमांकन इन क्षेत्रों में रोकथाम के निर्दिष्ट उपायों का कड़ाई से पालन कोविड से बचाव के उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन और इनका सख्ती से अनुपालन तथा विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन जारी रहेगा

यह फिलहाल रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है वहां से क्लीयर होते ही राज्य को वैक्सीन मिल जाएगा इसके बाद राज्य में इसका ड्राई रन चलाया जाएगा और इसके सफल होने के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी अजीत क्मार प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार की कोशिश है कि लोगों को यह मुफ्त में मिले उन्होंने बताया कि पहले चरण में राज्य के लगभग एक लाख बाइस हजार स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा इसके लिए छह हजार से अधिक वैक्सीनेटर्स को प्रशिक्षण दिया गया है

उन्हें इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है

भारतीय कप्तान अजिंक्या रहाणे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया चार मैचों की श्रृंखला में दोनों देश एक एक की बराबरी पर हैं श्रृंखला का तीसरा मैच सात जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा

उन्हें यह अवार्ड एक जनवरी दो हजार ग्यारह से सात अक्टूबर दो हजार बीस के बीच के प्रदर्शन के लिए मिला है उन्होंने दशक में चार सौ बाइस पारियों में बीस हजार तीन सौ छियानब्बे रन बनाए उनका औसत छप्पन दशमलव नौ सात रहा है दशक में सर्वाधिक छियासठ शतक और चौरानबे अर्धशतक भी कोहली के नाम है भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को स्प्रीट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड मिला है जबकि ऑस्ट्रेलिया को स्टीव स्मिथ को दशक के मेन्स टेस्ट प्लेयर चुने गए हैं संक्षिप्त खबरें चतरा जिले के सिमरिया स्थित तिलरा जंगल में छापेमारी कर वनरक्षकों ने कत्था बनाने की एक अवैध फैक्ट्री का उद्भेदन किया है मौके से कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं

वे कल अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने हिरनी फॉल गए थे झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस विक्रमादित्य का कल निधन हो गया